के विभिन्न हिस्सों में आज भी हयी बारि

इन रेल गाड़ियों में देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस भी शामिल है

यह रैंकिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग ने तय की है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श के पश्चात निर्धारित रिफॉर्म एक्शन प्लान राज्यों को निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक समुचित रोड मैप प्रदान करता है उत्तराखण्ड में प्रारम्भ से ही ईज ऑफ डूईग बिजनेस के क्षेत्र में लगातार सक्रियता से कार्य किया है

मुख्यमंत्री ने कहा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत निवेश से सम्बन्धित आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है इसके बावजूद स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु बेहतर कानून व्यवस्था अनुशासित कर्मी उत्पादकता और श्रमिक विवादों की अनुपस्थिति आदि राज्य के सकारात्मक पहलू है

शोध एक अध्ययन की समीक्षा के अनुसार बच्चों में कोरोना के कारण हृदय में सूजन जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं जिनके कारण बच्चे को जीवन पर्यन्त इलाज की जरूरत हो ई क्लीनिकल मेडिसिन में प्रकाशित शोध के अनुसार बच्चों पर किए गए छह सौ से ज्यादा अध्ययन से पता चलता है कि स्वस्थ दिखने वाले लेकिन लक्षण रहित कोरोना से संक्रमित बच्चों में ऐसी समस्या पैदा हो सकती है शोध के अनुसार शुरूआत में ऐसे बच्चों में सांस संबंधी समस्या के लक्षण अनिवार्य रूप से नहीं दिखे शोधकर्ताओं के अनुसार सूजन से पीडित होने वाले आधे बच्चे मोटे या ज्यादा वजनी थे जिलाधिकारी बैठक टिहरी जिले के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल नें आज कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की

इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरा सी लापरवाही उसके प्रसार को बढ़ावा दे सकती है उन्होंने उप जिलाधिकारियों को भी कोरोना प्रसार को देखते हुए तहसील स्तर पर भी कोविड केयर सेंटर स्टाफ मैनेजमेंट और अन्य तैयारियों के सम्बन्ध में तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है आज गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है बारिश के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और नदियां भी उफान पर है भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बंद हैं हालांकि कुछ सड़कों को खोला जा चुका है और यातायात बहाल कर दिया गया है इस बीच मौसम विभाग ने कल देहरादून पौड़ी पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जतायी है

रेलवे ने बताया कि नई गाडियों के लिए ब्रहस्पतिवार से आरक्षण शुरू होंगे ये रेलगाडियां देशभर में चल रही दो सौ तीस रेलगाडियों के अतिरिक्त होंगी इन रेल गाड़ियों में देहरादून से कोटा वाया नई दिल्ली जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस भी शामिल है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे की नजर है उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर और रेलगाडियां जल्द शुरू की जाएगी परिक्षाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाडियां चलाई जाएंगी

उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह शिक्षा नीति छात्रों को महज किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिकता प्रतिबद्धता राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति का भाव भी जागृत करेगी नई शिक्षा नीति देश के वातावरण में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी जिससे युवा वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होकर राष्ट्र की उन्नति में सहायक बन सकेगा

ये क्षेत्र हैं संकट के समय शैक्षिक निरंतरता बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक में कहा कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे और कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को कम किया जाएगा

बैठक के बाद शिक्षामंत्रियों ने एक संकल्प पत्र जारी किया इसमें दूरस्थ और मिश्रित शिक्षा तथा शिक्षकों डिजिटल ढांचे और पाठ्य सामग्री के पेशेवर विकास पर जोर दिया गया है किसान ऋण किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना शुरू की है इस योजना में किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है किसानों को विभिन्न मदों में एक लाख से तीन लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है जिसे मासिक किस्तों में चुकाना होता है इस योजना में समूह को भी ऋण देने का प्रावधान है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लिए सहकारी समितियां किसानों का चुनाव करती है जिसका वेरिफिकेशन बैंक करता है कुछ औपचारिकताओं के बाद ऋण दिया जाता है इस योजना से अब तक कई किसानों को फायदा हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है